प्रदेश में चुनाव की सभी तैयारियां पूरी निष्पक्ष और सुगम मतदान के लिए किए गए है व्यापक इन्तजाम

प्रदेश में चुनाव प्रचार के चार दिन बाकी रहते सभी दलों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है सभी पार्टियों के कई वरिष्ठ नेता आज भी राज्य के च्नावी दौरे पर रहेंगे केन्द्रीय गृहमंत्री और भाजपा के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह अलवर जोधपुर और पाली में जनसभा को सम्बोधित करेंगे वहीं केन्द्रीय मंत्री उमा भारती धौलपुर और भरतपुर में तथा स्मृति ईरानी उदयपुर और राजसमंद में प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगेगी मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का भी आज झालावाड़ और भरतपूर में जनसभाओं का कार्यक्रम है इधर कांग्रेस पार्टी के कई वरिष्ठ नेता आज भी जनसभाएं कर रहे है सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से प्रदेश के चुनावी दौरे पर रहेंगे पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सचिन पायलट का आज भी कई जनसभाओं का कार्यक्रम है

वे वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त ओपीरावत का स्थान लेगें

इससे पहले वे राजस्थान और केन्द्र में विभिन्न पदों पर रह चुके है

निर्वाचन विभाग ने निष्पक्ष शांतिपूर्ण और सुगम मतदान के लिए व्यापक इन्तजाम किए है

श्री क्मार कल जयप्र में राज्य के सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से चुनाव से पूर्व की गई तैयारियों पर वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए चर्चा कर रहे थे उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों से वोटर लिस्ट में जोड़े गए मतदाताओं के फोटो पहचान पत्र वोटर स्लिप और मतदाता सहायता पुस्तिका के वितरण के बारे में भी जानकारी ली उन्होंने सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे जल्द से जल्द सभी मतदाताओं तक वोटर स्लीप पहुंचाना सुनिश्चित करें साथ ही स्थानीय स्तर पर ऐसा कंट्रोल रूम भी बनाएं जहां वोटर स्लीप नहीं पहुंचने के संबंध में शिकायत दर्ज कराई जा सकें जयपुर में विधानसभा चुनाव के तहत सभी निर्वाचन क्षेत्रों के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों से जुड़ी सभी तरह की तकनीकी व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं एफएलसी प्रथम और द्वितीय रेंडमाइजेशन और मॉक पोल सहित सभी काम पूरे हो चुके हैं

विधानसभा चुनाव में मतदाताओं की अधिकाधिक भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्वाचन विभाग द्वारा आज जयपुर में राज्य स्तरीय स्वीप कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा इसके तहत स्बह चित्रकला प्रतियोगिता प्रदर्शनी और शाम को रामनिवास बाग स्थित मसाला चौक में सांस्कृतिक संध्या का आयोजन किया जाएगा

पहली श्रेणी में राज्य के सुपरिचित चित्रकारों द्वारा कैनवास पर मतदाता जागरूकता से संबंधित चित्र बनाए जाएंगे इन कलाकारों को राजस्थान ललित कला अकादमी द्वारा आमंत्रित किया गया है दूसरी श्रेणी में कॉलेज स्तर के चित्रकला विद्यार्थियों द्वारा मतदाता जागरूकता संबंधी पोस्टर बनाए जाएंगे

इस अवसर पर ईवीएम वीवीपैट मशीनों का प्रदर्शन कर मॉक पोल भी करवाया जाएगा डॉ जोगाराम ने बताया कि इसी कड़ी में शाम साढे छ बजे रामनिवास बाग स्थित मसाला चौक में सांस्कृतिक संध्या लोकतंत्र के रंग संगीत के संग का भी आयोजन किया जाएगा इसमें राज्य स्तरीय कलाकारों के अलावा सभी सात संभागों से चयनित जिलों द्वारा स्वीप से जुड़े कलाकार और प्रतिभागी हिस्सा लेंगे कार्यक्रम में जिलों द्वारा स्वीप संबंधी मतदाता जागरूकता संबंधी गीत और संगीत की प्रस्तुतियां दी जाएगी इस अवसर पर स्वीप संबंधी प्रदर्शनी का भी आयोजन किया जाएगा जिसमें राज्य भर में हो रही स्वीप गतिविधियों को पैनल्स कट आउट्स और अन्य स्वीप सामग्री द्वारा दर्शाया जाएगा

साथ ही अदालत ने आरक्षित वर्ग के उन अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में शामिल करने को कहा है जिन्होंने चयन प्रक्रिया के दौरान फीस के अलावा अन्य छूट का लाभ नहीं लिया था अदालत ने कहा है कि जिन्होंने आयु सीमा सहित अन्य छूट का लाभ लिया है उन्हें शामिल नहीं किया जाए

पुलिस ने बताया कि ग्वालियर से अजमेर जा रही कार सड़क पर खड़े ट्रक में घुस गई और यह हादसा हआ घायलों को महुआ के अस्पताल से जयप्र रैफर किया गया इधर सीकर सालासर मार्ग पर नेछवा के पास कार और द्रक की टक्कर में कार में सवार पिता पुत्री की मौत हो गई ये लोग सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आए थे

श्री सिंह ने कल आपात कार्रवाई सहायता प्रणाली ईआरएसएस का शुभारंभ करते हुए बताया कि इस मोबाइल ऐप में विशेष रूप से महिलाओं के लिए एक शॉउट फीचर होगा

प्रदेश में न्यूनतम तापमान में कमी आने से सर्दी का असर बढ़ गया है मौसमी परिस्थितियों में बदलाव के कारण कल प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में तापमान में गिरावट देखने को मिली